राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाने की जरूरत पर दिया बल प्रदेश भर में समर्थ अभियान के तहत लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में किया गया जागरूक ऊंची चोटियों पर फिर शुरू हुआ हिमपात का सिलसिला जनजातीय क्षेत्रों के तापमान में गिरावट उपुचनाव धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा उपचुनाव के लिए खुलेआम चुनाव प्रचार आज थम गया है अब राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व उम्मीदवार केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे

चुनाव आयोग ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

इसके अलावा दाड़ी में एक सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया गया है

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ जबकि धर्मशाला क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में होगी नियंत्रण कक्ष धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन कार्यालय शिमला में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है निर्वाचन कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार उपमुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार नियंत्रण कक्ष के प्रभारी होंगे उन्होंने कहा कि इस कक्ष के माध्यम से उप चुनाव से संबंधित जरूरी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी

मुख्यमंत्री च्नाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज धर्मशाला में चार जनसभाओं को संबोधित किया उन्होंने कोतवाली बाजार से युवा मोर्चा की बाईक रैली को भी हरी झंडी दिखाई एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में राज्य सरकार के विकास कार्यो की छाप जनता पर पड़ी है जिसके चलते लोगों का भाजपा की ओर रूझान बढ़ा है उन्होंने कहा कि धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा उपचुनाव में पार्टी बड़े बहुमत से आगे बढ़ेगी उधर सांसद सुरेश कश्यप ने पच्छाद से भाजपा उम्मीदवार रीना कश्यप के पक्ष में क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चुनाव प्रचार किया भाजपा के वरिष्ठ नेता व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी प्रचार के दौरान मौजूद रहे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है सोलन में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी ने एकजुटता से प्रयास किए हैं कुलदीप राठौर ने भाजपा पर चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि उपच्चनाव में आपसी भाजपा की गुटबाजी सामने आई है और पार्टी अपने बागी नेताओं को मनाने में भी विफल रही है

वे आज शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय में आध्निक भारत में राष्ट्रवाद निर्माण विषय पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना नागरिकों को जाति धर्म भाषा और क्षेत्र जैसे संकीर्ण विचारों से ऊपर उठने और राष्ट्रहित में खड़े होने के लिए प्रेरित करती है राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रवाद की शक्ति हमें विघटनकारी शक्तियों से लड़ने में ताकत देती है ऐसे में युवा पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों के बारे में बताने की जरूरत है निर्देश धर्मशाला में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तैयारियों की मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने आज शिमला में समीक्षा की उन्होंने संबंधित विभागों को इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट में बड़ी संख्या में देश विदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे मुख्य सचिव ने विदेशी और भारतीय प्रतिनिधियों को दिल्ली और चंडीगढ़ से बैठक स्थल तक लाने के लिए सभी जरूरी प्रबंध करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं अभियान प्रदेश के विभिन्न जिलों में समर्थ अभियान के तहत आज लोगों को प्राकृतिक आपदाओं की रिथति में बचाव के संबंध में जागरूक किया गया रिकांगपिओ में हुई कार्यशाला में सहायक आयुक्त हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि नागरिको को आपदाओं से सुरक्षा व बचाव को लेकर समर्थ बनाने की दिशा में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है अभियान के तहत केलंग में प्राधिकरण के समन्वयक अर्शी खान ने कहा कि आपदाओं के समय लोगों को घबराने के बजाय संयम से काम लेना चाहिए हमीरपुर जिले की अमरोह पंचायत में नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से आपदा प्रबंधन पर जागरूकता बढ़ाई गई

इसमें हिमालयी राज्यों के अधिकारियों सहित कई अन्य प्रतिभागी भाग लेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों और कस्बों में आपदा जोखिम से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा करना और इन चुनौतियों का हल निकालना है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में लोगों में और अधिक जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया है

ध्रमल ने कहा कि विभाग ने समाज के हर वर्ग को सुविधाएं देने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके लिए विभाग बधाई का पात्र है आग मंडी जिले में नेरचौक रत्ती मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आगजनी की एक घटना में करोड़ों रुपए का नुक्सान हुआ है आज दोपहर हुई इस घटना में कारोबारी का लगभग सारा सामान जल कर राख हो गया पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है दूसरी ओर चम्बा जिले की होली बजौली हाइड्रो परियोजना के लेबर कैम्प में कल देर रात आग लगने से एक कर्मी की जलने से मौत हो गई

मौसम ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम एक बार फिर शुरू हो गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर दोपहर बाद से रूक रूक कर हो रहे हिमपात के चलते घाटी में ठंड बढ़ गई है किन्नौर जिले की पहाड़ियों पर भी हल्का हिमपात होने और अन्य भागों में हल्की वर्षा से शीत लहर बढ़ गई है दूसरी ओर प्रदेश के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार जारी है केलंग का न्यूनतम तापमान एक दशमलव आठ डिग्री कल्पा का चार डिग्री जबकि मनाली का न्यूनतम तापमान छः डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पिछले कुछ दिनों से खिल रही धूप के चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना हुआ है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई है